त् ईडी की विषेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लाउडरिंग मामले में सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने पर विचार हो रहा है राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कार्ययोजना बनाई जा रही है

इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री र्न कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ राज्य सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है और उनके सुझाव ले रही है उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सभी आवश्यक दवाईयां और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है अगर किसी उपकरण की जरुरत होगी तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हों और राज्यवासी सुरक्षित रहें इसर्क लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देष के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे इस मौके पर वे ई ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल एप के अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल में ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से विचार साझा करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उल्लेखनीय कार्य करनेवाले कुछ ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे वहीं सताइस अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में दी गई छूट और उसके प्रभाव को लेकर बातचीत करेंगे जामताड़ा जिला प्रषासन कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन के लिए सभी आवष्यक कदम उठा रहा है लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है

व्यवहार न्यायालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए इन बंदियों को छोड़ने का आदेष दिया

इधर पूरे जेल परिसर के अंदर सेनेटाइजिंग का कार्य भी कराया जा रहा है मंडल कारा के सहायक काराधीक्षक ने बताया कि अदालत द्वारा सात साल से कम सजा सुनाए जाने वाले बंदियों को जमानत दी गई है राज्य के टॉल प्लाजा पर वाहनों की कड़ाई से जांच का निर्देष दिया गय है लॉकडाउन में थोड़ी छट मिलने के बाद सडकों पर अचानक वाहनों की आवाजाही बढने पर परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय ने संपोधित जांच आदेश जारी किया है उधर शहरों में बिना वजह मोटरसाइकिल चलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है इस सिलसिले में राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की जांच की गई इस दौरान बिना वजह वाहन चलाने वालों का चालान काटा गया और चेतावनी भी दी गई वाहन चालकों को बताया गया कि चार पहिया पर दो से ज्यादा और दो पहिया पर एक से ज्यादा लोग बैठेंगे तो उनपर चार हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जायेगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ई नाम पोर्टल लॉकडाउन में किसानों को उनके उत्पादों को बेचर्ने के लिए बेहतर प्लेटफार्म दे रहा है हजारीबाग जिले के चुरचु प्रखंड के किसानों ने इस पोर्टल पर तरबूज की बिक्री कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया

एमबीबीएस और डेंटल के स्नातकोत्तर पाठक्रमों में नामांकन के लिए औपबंधिक स्टेट मेरिट लिस्ट सताईस अप्रैल को जारी होगी मेरिट लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी अठाइस अप्रैल तक ई मेल के माध्यम से सबूत के साथ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे जबकि उनतीस अप्रैल को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तीस अप्रैल से तीन मई तक अभ्यर्थी अपनी इच्छा के पाठ्यक्रम और संस्थान की सुची जमा कर सकेंगे चार मई को ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन किया जाएगा प्रवर्तन निदेषालय की विषेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बीस करोड़ इकतीस लाख के मनी लाउडरिंग मामले में सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अदालत ने पुर्व मंत्री की संपत्ति भी जब्त करने का आदेष दिया है ईडी की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को इस मामले में इक्कीस मार्च को दोषी करार दिया था इस सिलसिले में इक्तीस मार्च को सजा सुनायी जानी थी लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु एप्प काफी कारगर साबित हो रहा है इस एप से कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को सुलभ हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देषवासियों से इस एप्प को डाउनलोड करने का आग्रह किया है

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि इस एप्प के माध्यम से अबतक लगभग दो लाख बीस हजार मजदूर आवेदन दे चुके हैं इनमें से करीब एक लाख अठासी हजार आवेदनों को जिलास्तर पर सत्यापित किया जा चुका है इन सभी के खातों मे राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरु हो जाएगी गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजूदरों की संख्या लगभग नौ लाख उनचालीस हजार तक पहुंच गई है इनमें पचास प्रतिशत से ज्यादा मजदूर गिरिडीह गढ़वा पलामू और हजारीबाग जिले के रहनेवाले हैं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

रमजान के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का सख्त रूप से पालन किया जाएगा इस सिलसिले में रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने हिंदपीढ़ी के मस्जिदों इमाम और उलेमा के साथ बैठक की

अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्यकर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है